राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हुई

और राज्य के सभी डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जायेंगे

गृह मंत्रलाय की ओर से जारी अनलॉक थ्री के दिशा निर्देशों के मद्दे नजर राज्य सरकार ने सोलह अगस्त तक प्रतिबंधों के साथ लागू किया था राज्य में कोरोना के हालात के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया बढ़ायी जा सकती है इस दौरान छूट और पाबंदियों पर निर्णय होगा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि इससे संबंधित आदेश आज जारी किया जायेगा राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के दो हजार एक सौ सतासी नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख चार हजार तिरानवे हो गयी है सबसे अधिक पटना से दो सौ तिरपन मामले सामने आये हैं भागलपुर से एक सौ सतहत्तर मधुबनी से एक सौ सत्ताईस औरंगाबाद से एक सौ तेरह मुजफ्फरपुर और सहरसा से संतानवे संतानवे और पूर्वी चंपारण से छियानवे मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसी तरह नालंदा से नब्बे पूर्णिया से बयासी पश्चिम चंपारण से इक्यासी सीतामढ़ी से अठहत्तर सारण से चौहत्तर और गोपालगंज से इकहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक दिन में तीन हजार आठ सौ इक्यानवे मरीजों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर बहत्तर हजार पांच सौ छियासठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर उनहत्तर दशमलव सात एक प्रतिशत है वहीं एक दिन में बाईस लोगों की मौत के साथ ही प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर पांच सौ सैंतीस हो गया है राजधानी पटना में कोविड मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अब तक सोलह हजार छह सौ इक्कीस मामलों की पुष्टि हो चुकी है बारह हजार सात सौ अंठानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक सौ एक लोगों की मौत हुई है अररिया जिले में कोरोना संक्रमण के लिए बेड खरीद मामले में अनियमितता और गड़बड़ी पाये जाने के आरोप में सिविल सर्जन डॉक्टर मदन मोहन प्रसाद सिंह को निलंबित कर दिया गया है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश ग्रप्ता ने कहा कि कोविड उन्नीस के ज्यादतर मामलों में संक्रमण सीमित है और बहुत ही कम मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने की आवश्यकता पडती है बाईट अस्सी प्रतिशत में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं

पांच पर्सेट या उससे कम वाले हैं जोकि दाखिल होना पड़ता है एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा कि संक्रमण का फैलाव ऐसे लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो अथवा संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों

केन्द्र सरकार ने राजमार्गों पर बेहतर यातायात सुरक्षा के लिए सड़क निर्माण उपकरण वाहनों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक प्रारूप अधिसूचना लेकर आया है अधिसूचना में सड़कों पर अन्य गाड़ियों के साथ चलने वाले सड़क निर्माण वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने का उल्लेख किया गया है इनमें ऐसे वाहनों के ऊपर अलार्म लगाने इन वाहनों को चलाने वाले लोगों के लिए व्यापक दृश्यता सुविधा और ऑपरेटर स्टेशन तथा रख रखाव क्षेत्र को जरूरी बनाया गया है मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना पर हितधारकों और लोगों से तीस दिन के भीतर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं केन्द्र सरकार अगले पांच साल में भागलपुर गोपालगंज और गया सहित देश में दो सौ नगर वन विकसित करेगी पहले वर्ष में चालीस नगर वन के विकास का लक्ष्य रखा गया है इनमें से तीन बिहार में होंगे केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज बिहार सहित सभी राज्यों से नगर वन योजना पर व्यूअल संवाद करेंगे बिहार की ओर से इस संवाद में उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण वन और जलवायु विभाग के मंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्य के प्रधान सचिव दीपक कुमार सहित कई अधिकारी शामिल होंगे राज्य के सभी डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जायेंगे इसके अन्तर्गत लोगों को डाकघर से किसान क्रेडिट कार्ड पासपोर्ट मनी ट्रांसफर सहित सहित कई सुविधाएं प्रदान की जायेंगी इसके लिए राज्य के डाकघरों को चिन्हित किया जा रहा है बिहार डाक सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरूआत पटना से की जायेगी रेलवे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत शहरों से गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों को साढ़े पांच लाख मानव दिवस के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया है रेलवे के अनुसार बिहार समेत छह राज्यों में ग्यारह हजार दो सौ छियानवे श्रमिकों को अबतक काम उपलब्ध कराया गया है इधर महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक चलने वाली किसान पार्सल रेल का विस्तार अब मुजफ्फरपुर तक किया गया है यह ट्रेन हर सप्ताह के शनिवार को दानापुर पाटलिपुत्रा होते हुये मुजफ्फरपुर जायेगी वहीं पटना जंक्शन पर दानापुर मंडल की ओर से ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगायी गयी है इस मशीन के जरिये बटन दबाते हुये यात्रियों को टूथ पेस्ट साबुन सहित कई आवश्यक सामग्री मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह अड़सठवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है वाल्मीकिनगर गंडक बराज से दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर सारण और गोपालगंज जिले के नये इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि नदी के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर चले गये हैं मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी भीषण जलजमाव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित है जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है मुजफ्फरपुर जिले की सोलह में से पन्द्रह प्रखंडों की लगभग उन्नीस लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अब तक लगभग दो लाख सैंतीस हजार परिवारों के बैंक खाते में छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेजी आ चुकी है दरभंगा में भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हुई है जिले में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया जिले के नीचले इलाकों बाढ़ का पानी फैल रहा है

सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है पूर्वी चम्पारण के कई इलाकों से बाढ़ का पानी निकलने लगा वहीं कई नये क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है कोसी नदी के उफान के कारण खगड़िया मधेपुरा सहरसा और सुपौल जिले के कई गांव जलमग्न हैं इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार सोलह जिलों के एक सौ तीस प्रखंड की एक हजार तीन सौ दस पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं लगभग बयासी लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमों की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है इन क्षेत्रों में दस राहत शिविर संचालित किये जा रहे जहां लगभग तेरह हजार लोग शरण लिये हुये हैं वहीं सात सौ बयासी सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालित किया जा रहा है जहां से लगभग छह लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दोरान अलग अलग जगहों पर ड्रबने से पच्चीस लोगों की मौत हो गयी है मूजफ्फरपूर में दस जहानाबाद में पांच सीवान में तीन आरा सासाराम और छपरा में दो दो जबकि गोपालगंज में एक की मौत की खबर है प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है बागमती नदी कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के कटौंझा में खतरे के निशान से सतासी सेंटीमीटर और हायाघाट में लाल निशान से दू मीटर ऊपर है कमला नदी सीतामढ़ी के सोनबरसा और मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान से नीचे बह रही है इधर हो रही बारिश के कारण पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से एक मीटर बीस सेंटीमीटर ऊपर है जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुये राहत के हरसंभव मदद के निर्देश दिये हैं केन्द्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गयी है देर रात पटना के गांधी घाट में गंगा का जलस्तर अड़तालीस दशमल पांच छह मीटर ऊपर दर्ज किया गया है नदी का जलस्तर प्रति दो घंटों पर एक सेंटीमीटर बढ़ रहा है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज गांधी घाट में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है हाथीदह में भी गंगा के जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है वहीं बक्सर में गंगा नदी प्रति घंटे एक सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के अठारह जिलों में अगले चौबीस घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की सम्भावना है इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है मौसम विभाग ने कहा है बिहार से छत्तीसगढ़ तक चक्रवाती हवाओं का परिक्षेत्र डेढ़ से चार किलोमीटर ऊपरी क्षेत्र में बना हुआ है इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश की सम्भावना है पटना और इसके आस पास के इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाये हुये हैं बिहार पुलिस सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक के एक हजार नौ सौ अंठानवे पदों और सार्जेट के दो सौ पन्द्रह पदों पर भरती के लिए उम्मीदवारों से चौबीस सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन मांगे हैं इन सभी पदों के लिए पैंतीस प्रतिशत आरक्षण का लाभ महिला उम्मीदवारों को दिया जायेगा मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में तीन और बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है इनमें सीतामढ़ी के दो और मोतिहारी के एक बच्चे शामिल है अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि इन सभी की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी गयी है मुंगेर जिले के नयारामनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से एक सौ उनचास कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है उद्योग मंत्री श्याम रजक मंत्रिपरिषद से हटाये गये जदयू ने पार्टी से भी किया निष्कासित राजद में होंगे शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का भी मिलेगा लाभ राष्ट्रीय सहारा लिखता है पूर्व क्रिकेटर व उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन दैनिक भास्कर की सुर्खी है अनलॉक थ्री खत्म आज जारी होगा नया आदेश प्रभात खबर का शीर्षक है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के नये नियम में होगा संशोधन और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में अनलॉक थ्री खत्म

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख से अधिक हुई

और राज्य के सभी डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जायेंगे